केन्द्र ने राज्यों से कहा है कि ये निजी क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों की नियमित रूप से समीक्षा करें ताकि उनकी टीकाकरण क्षमता की जानकारी प्राप्त हो सके प्रदेश में टीकाकरण के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं चिकित्सा मंत्री डॉ रघ् शर्मा ने लोगों से अपील की कि वे बेझिझक टीका लगवाएं और टीका लगवाने के बाद भी मास्क जरूर पहनें प्रदेशभर में कोविड टीकाकरण को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है

उदयपुर में टीकाकरण अभियान की शुरुआत माहेश्वरी सेवा सदन में जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने की जिले में इस चरण में लगभग पांच लाख लोगों के टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है

तीन जिलों में संकमण का कोई भी नया मामला नहीं मिला

हर परिवार को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ये योजना एक मई से लागू होगी

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पैन और आधार को जोड़ने की अंतिम समये सीमा कल खत्म हो गई थी

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आज इसकी घोषणा की यह पुरस्कार उन्हें अगले महीने की तीन तारीख को दिया जाएगा एक ट्वीट में श्री जावडेकर ने उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास का महान कलाकार बताते हुए कहा कि रजनीकांत का एक कलाकार निर्माता और पटकथा लेखक के रूप में उल्लेखनीय योगदान है दादासाहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है

इस बार कोरोना संकमण की वजह से प्रदेशभर में भरने वाले परंपरागत मेलों को रद्द किया गया है